मध्यप्रदेश में राज्य की कांग्रेस सरकार पर संकट और गहरा गया है कांग्रेस के बागी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है

बागी विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य में कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिरने की कगार पर है

दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निकाला गया है इससे पहले श्री सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से आज नई दिल्ली में मुलाकात की इधर मध्य प्रदेश में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भोपाल में बैठकें कर रहे हैं इस बीच राज्यपाल लालजी टंडन आज शाम भोपाल पहुंच रहे हैं

इस मामले पर ट्वीट करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा के समय भाजपा से ज्योतिरादित्य का हाथ मिला लेना उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है विशेषकर जब भारतीय जनता पार्टी अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थानों का बर्बाद कर रही है

हालांकि संगठन ने यह भी कहा कि अब भी इस वायरस पर नियंत्रण किया जा सकता है

इधर प्रदेश में फिलहाल इस वायरस के दो पॉजीटिव सामने आये हैं राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यहां स्थिति नियंत्रण में है लेकिन एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है

स्वास्थ्य विभाग ने हवाई यात्रियों से अपील की है कि वे हवाई अड्डो पर स्वघोषित प्रपत्र भरते समय अपनी यात्रा की प्ररी जानकारी स्पष्ट रूप से दें और यह बताएं कि वह किन किन स्थानों की यात्रा कर चुके है

इन अर्थशास्त्रियों ने दुनियाभर की सरकारों से कहा है कि कोरोना वायरस के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और खर्च करें

गली मोहल्लों में बच्चों के साथ बड़ों ने रंग और गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दीं जयपुर में नौजवानों की टोलियां रंग और अबीर से सराबोर नजर आईं लोगों ने घर घर जाकर मित्रों और रिश्तेदारों को गुलाल लगाया और बधाईयां दीं होली के सामुहिक आयोजन भी हुए जहां दोपहर बाद तक लोगों को होली के जश्न में शामिल होते देखा गया कई स्थानों पर विदेशी सैलानी भी रंग खेलते नजर आये प्रदेश के विभिन्न भागों से भी होली उल्लास और उमंग के साथ मनाये जाने के समाचार हैं टोंक शहर में रियासत काल से चली आ रही साम्प्रदायिक सौहार्द के प्रतीक ध्र्लंडी पर आज बादशाह की सवारी निकाली गई

महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने फूलों से होली खेलकर लोगों को जागरूक किया पर्यटन नगरी जैसलमेर में पर्यटकों ने जमकर होली का आनन्द उठाया भरतपुर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिले में बृज क्षेत्र से लगते गांवों में होली को लेकर खासा उत्साह बना रहा

राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी रही धौलपुर में रिमझिम बारिश के साथ ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज की गई वहां खडी फसलों को नुकसान पहंचने के समाचार हैं चूरु में भी आसमान में काले बादल छाये रहे बीकानेर में एक बार सर्द हवाए चेलने से दिन का तापमान गिर गया मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो दिनों तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना है

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि फिलहाल देश में कोई भी रेल यात्री सेवा निजी ऑपरेटरों द्वारा नहीं चलाई जा रही है लेकिन जल्द ही विश्वस्तरीय तकनीक और सेवाओं के साथ निजी ऑपरेटरों से अनुबंध किया जायेगा

सिरोही जिले के पिंडवाडा में आज सुबह बस और ट्रक की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गये